झारखंड में अब पान सिगरेट और तम्बाक उत्पाद बेचने वाले द्वकानदारों को लाइसेंस लेना होगा इसके साथ ही राज्य में सरकारी नौकरी करने के लिए भी तम्बाकू का सेवन न करने का भापथ पत्र देना अनिवार्य होगा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कार्डिने ान कमिटी की कल हुई बैठक में ये निर्णय लिये गए बैठक में कहा गया कि तम्बाक उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान सिगरेट और तम्बाक ् उत्पाद ही बेच सकेंगे इन द्रकानदारों को बिस्किट चाय या खाने पीने के अन्य उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी जानकारी हो कि लाइसेंस लेने का प्रावधान पहले से लागू था लेकिन अबतक सिर्फ डेढ़ सौ लोगों ने ही लाइसेंस लिया है बैठक में मुख्यसचिव ने कहा कि सरकारी परिसरों को पूरी तरह से तम्बाकू मुक्त रखा जाय प्रोजेक्ट भवन नेपाल हाउस पुलिस मुख्यालय सहित जिला प्रखंड के सरकारी कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त घोशित करने से संबंधित बोर्ड लगाने का निर्दे ा दिया गया निजी क्षेत्र की कम्पनियों के मुख्य गेट और अन्य स्थलों पर भी तम्बाकू मुक्त क्षेत्र बोर्ड लगवाने का निर्दे ा उद्योग निर्दे ॉक को दिया गया स्कूलों के सौ गज दायरे में किसी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद की बिक्री न हो इसके लिए जिलों के उपायुक्तों को निर्दे ा दिया गया राज्य के पांच छोटे भाहरों में अवागमन की सुविधा के लिए बाईपास सड़कें बनायी जाएंगी जिन भाहरों में बाईपास सड़कें बनेंगी उनमें गिरिडीह लोहरदगा खूंटी चाईबासा और चक्रघरपुर भाामिल हैं पथ निर्माण सचिव ने संबंधित भाहरों में बाईपांस निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का निर्दे ा दिया डीपीआर और डिजाइन को स्वीकृति के लिए बीस दिसंबर तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजने को कहा गया है लोहरदगा बाईपास का प्लान पंद्रह दिसंबर को भेजने का निर्दे ा दिया गया है सरकार ने कहा है कि वह किसानों से संबंधित हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार हैं कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की उन्होंने कहा कि हालांकि यह निर्णय किसानों और उनके संगठनों पर निर्भर करता है कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ यह बैठक का तीसरा दौर था जो अच्छा रहा तोमर ने बताया कि बैठक का चौथा दौर बृहस्पतिवार को होगा राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ इक्यासी नए संक्रमित मिले इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख नौ हजार तीन सौ बत्तीस पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल दो सौ सताईस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होनेवालों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार तीन सौ अंठानवे पहुंच गई है झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानबे दशमलव इकतीस प्रतिशत पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर एक हजार नौ सौ पैंसठ रह गई है पिछले चौबीस घटों में कोरोना की वजह से पांच लोगों की मौत हुई है राज्य में अबतक कोविड से मरने वालों की संख्या नौ सौ उनहत्तर हो गई है रांची में एक सौ इक्यासी नए मरीज मिले हैं वहीं पूर्वी सिंहभूम में अठारह पीिचमी सिंहभूम में चौदह पलामू में आठ बोकारो और धनबाद में सात सात चतरा हजारीबाग और सिमडेगा में पांच पांच दुमका में चार रामगढ़ देवघर गढ़वा और जामताड़ा में तीन तीन गुमला और सरायकेला में दो दो कोडरमा गोड़डा गिरिडीह में एक एक मरीज मिले हैं

देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मरीजों को रोकने में सफलता प्राप्त की है

देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से करीब बीस गुणा ज्यादा है

इस ट्रेन के चालू होर्न से तमिलनाडु के वेल्लोर में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा होगी रांची रेल डिविजन ने हटिया पुणे गरीब रथ स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस तथा रांची लोहरदगा टोरी ट्रेन को भी चलाने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय भेजा है रेलवे के सीपीआरओ नीरज कुमार ने कहा कि ट्रेन चलाने को लेकर तैयारी पूरी हो गई है रेलवे ने एक दिसंबर से अपने टाईम टेबल और ट्रेनों के ठहराव में बदलाव किया है अब नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है पूरी से नई दिल्ली जाने वाली प्रूशोतम एक्सप्रेस अब गोमो और बोकारो स्टे ान पर ही रूकेगी इसके साथ ही हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस भी आज से कोडरमा में रूकेगी

उपायुक्त ने कहा कि जिला श्रिक्षा अधीक्षक जल्द ही हेल्प डेस्क बनाये ताकि अभिभावकों को निर्जी स्कूलों में नामांकन कराने में परे ाानी न हो

एक विद्यार्थी का चयन बीआईटी सिंदरी में हुआ है राज्य में कल से धान खरीद की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गयी है राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने बताया कि वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए धान खरींद के लिए समर्थन मूल्य एक हजार आठ सौ अड़सठ रुपये प्रति क्विटल निर्घारित किया गया है जबकि राज्य सरकार द्वारा एक सौ बयासी रुपये प्रति क्विटल बोनस भी दिया जाएगा इस प्रकार दो हजार पचास रुपये प्रति क्विटल की दर से धान की खरीद की जाएगी उन्होंने बताया कि इस वर्ष अच्छी बारिश के कारण घान की अच्छी खेती हुई है और यह उम्मीद की जा रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में धान की अधिक खरीद हो सकेगी इस संबंध में कृषि मंत्री बादल ने बताया कि धान खरीद को लेकर आवश्यक राशि सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गयी है

प्रभात खबर ने पान सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है झारखंड में अब पान सिगरेट बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस हिंदुस्तान ने हेडलाइन बनायी है दे ा में सबको टीके की जरूरत नहीं दैनिक भास्कर ने झारखंड में सरकारी नौकरी करनी है तो हर हाल में तम्बाकू सेवन नहीं करने का देना पड़ेगा भापथ पत्र खबर को प्रमुखता से प्रकाप्रित किया है दैनिक जागरण ने खूंटी में नाबालिक से दुश्कर्म की खबर को टॉपबॉक्स बनाया है वहीं रांची एक्सप्रेस ने किसान आदोलन से संबंधित खबर समिति बनाने की केंद्र की योजना को आंदोलनकारियों ने दुकराया भाीर्शक से पहले पन्ने में लीड बनाया है अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किसानों द्वारा कमिटी बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है